यह सीट भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी को निधन के कारण खाली हुई है

इसके लिए विधानसभा सचिव प्रमिल माथुर को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है

श्री माधव कल जयपुर में शैक्षिक मंथन संस्थान द्वारा आयोजित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा विषय पर व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे

यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र के लिये दृढ़ इच्छा शक्ति और व्यापक सहमति बनाने की वजह से संभव हुआ है

प्रतियोगिता में आर्मेनिया बेलारूस चीन कजाकिस्तान रूस उज्बेकिस्तान और सूडान भारत के अलावा प्रतिष्ठित आर्मी स्काउट मास्टर्स हिस्सा ले रहे हैं

चिकित्सा विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने विभाग में सभी प्रतिनियुक्तियां रद्द कर अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल स्थान पर भेजे जाने के निर्देश दिए हैं यह आदेश संविदा कार्मिकों के लिए भी लागू होगा

इस अवसर पर चिकित्सा विभाग आज से कृमि उन्मूलन अभियान शुरू कर रहा है

उन्होंने आम लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है

यह जानकारी देते हुए चतुर्थ बटालियन आरएसी के कमांडेंट लोकेश सोनवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की सभी नौ रेंज आरएसी जयपुर जयपुर आयुक्तालय बीकानेर कोटा जोधपुर उदयपुर भरतपुर और अजमेर रेंज की टीमे भाग ले रही हैं

पांच गंभीर घायलों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है ये सभी लोग शोक सभा में भाग लेने जा रहे थे बाड़मेर के ही नोखड़ा गांव में अनियंत्रित होकर कार पलटने से एक महिला की मौत हो गई जबकि कार चालक घायल हो गया

इधर कल बूंदी जिले के गुडानाथावतान कस्बे सहित नीम का खेड़ा उलेडा और कालदा के जंगलों तथा भीमलत उपरमाल क्षेत्र में कल साढ़े तीन घंटे हई मुसलाधार बारिश से क्षेत्र के सभी बांध और तालाब लबालब भर गए हैं नदी नालों में उफान आर्न से ब्रंदी भीलवाड़ा मार्ग बाधित हो गया भीमलत बांध पर तीन इंच हुई जबकि अभयपुरा बांध पर दो फीट की चादर चलने लगी पाली में भी कल कई स्थानों पर देर रात हुई झमाझम बारिश से जगह जगह पानी भर गया